चंडीगढ़ में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इन आठ विभागों के सचिवों एवं विभाग अध्यक्षों की आयोजित बैठक में ये फैसला लिया गया इनमें जेल लोक निर्माण परिवहन कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण वन विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग शामिल हैं

मेघालय में कांग्रेस बड़ी पार्टीके रूप में उभरी रही है

भाजपा की पूर्वोत्तर के राज्यों असम और मणिप्र में सरकार है तथा अब नागालैंड और त्रिप्रा में पार्टी इस ओर अग्रसर है मुख्यमंत्री नोहर लाल ने त्रिप्रा नागालैंड और मेघायलय में भाजपा को जनसमर्थन पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है उन्होंने कहा कि जनता का यह अपार प्रेम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों पर मोहर लगाता है इन तीन राज्यों में हुए विधानसभा च्नाव परिणामों के अभी तक प्राप्त हुए रूझान में त्रिप्रा और नागालैंड में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है जबकि मेघालय में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने त्रिप्रा में भाजपा के स्पष्ट बह्मत के साथ नागलैंड और मेघालय में पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता जाहिर की है आज अम्बाला में उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत के पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी उधर फतेहाबाद जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर पूर्वोत्तर राज्यों जीत का जश्न मनाया

पंचकूला में भी कार्यकर्ताओं ने सांसद रतन लाल कटारिया ज्ञान चंद ग्प्ता और कालका की विधायक लतिका शर्मा की मौजूदगी में उत्तरपूर्व राज्यों से आये विधानसभा परिणामों पर ख्शी का इजहार किया

सहकारी चीनी मिल प्रसंघ के एक प्रवक्ता ने बताया कि शाहबाद सहकारी चीनी मिल ने सर्वाधिक सवा सैंतालिस लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके पौने पांच लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है

चीनी मिल महम ने साढ़े छब्बीस लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके अढाई लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है सरकारी चीनी मिल करनाल ने सवा चौबीस लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके करीब ढाई लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है

हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों प्रशासनिक समन्वय को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजसता को हरियाणा सरकार ने खत्म कर दिया है नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में सीधा प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होने की तकनीकी अडचन को पंचायती राज विभाग की तर्ज पर द्र किया गया है नगराधीश की ताकत बढाते हुए सरकार ने उन्हें जिला शहरी मामले अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन ने बताया कि हरियाणा में शहरी क्षेत्र नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में सरकार एवं विभागीय स्तर पर सीधा समन्वय एवं प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता था श्रीमति जैन ने बताया कि इन तकनीकी अडचनों को दूर करते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग दवारा पंचायत विभाग की तर्ज पर एक प्रस्ताव तैयार किया गया इसमें पंचायत मामलों के समाधान के लिए जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी ऐसे अधिकारी को जिम्मेदारी देने पर जोर दिया गया जो सीधे प्रशासनिक नियंत्रण एवं समन्वय की जिम्मेदारी निभाएंगे

भिवानी में आंगनवाडी वर्कर्स आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरे

किर्गीस्तान में चल रही सीनियर एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में पंजाब की नवजोत कौर ने पहली ऐसी महिला कृश्ती खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया है जिसने स्वर्ण पदक जीता है